विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में देश विदेश से पहुंच रहे हैं श्रद्वालु

लोकसभा चुनाव लोकसभा के सातवें और अंतिम चरण के प्रचार में और तेजी आ गई है

विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक देश के विभिन्न हिस्सों में रैलियां कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रतलाम में चुनावी रैली को संबोधित किया उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जनजातियों के हिर्तो को ध्यान में रखकर जनजाति कल्याण मंत्रालय बनाया था उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने आज पंजाब के लुधियाना में चुनावी रैली को सम्बोधित किया

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में च्नाव रैली में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को समर्थन देने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो अवैध घुसपैठियों को वापस भेज दिया जायेगा वहीं बहजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित किया

मतगणना बैठक हरिद्वार हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए तैयारियां की जा रही है जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक रावत ने एक बैठक में अधिकारियों को मतगणना से संबंधित व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये

बैठक में हाइस्पीड लीज लाइन इन्टरनेट प्रबन्ध पर विशेष जोर दिया गया ईटीपीबीएस कांउन्टिंग प्रक्रिया की ट्रेनिंग के लिए एनआईसी प्रभारी और ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दिल्ली जाएंगे मतगणना केन्द्र में मोबाइल फोन भी प्रतिबन्धित रहेंगे मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों को मोबाइल प्रयोग की छूट होगी निरीक्षण अल्मोडा लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियों के सम्बन्ध में अल्मोड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने आज मतगणना स्थल निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने नोडल और अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये

न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित है और मतदाता सुबह मतदान कर सकते हैं न्यायालय ने कहा कि मतदान का समय बढ़ाने से निर्वाचन आयोग को कई तरह की व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं सेमिनार देहरादून में आज यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा रक्षा क्षेत्र में उपयोगी विभिन्न प्रौद्योगिकियों और उत्पादों की प्रदर्शनी और सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें नगर के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया

संस्थान की इन प्रणालियां का उपयोग विशेष रूप से हमारी सेनाओं द्वारा निगरानी संनिरीक्षण काउन्टर मेजर्स शस्त्र साधने लक्ष्य पहचान और रेंज अर्जित करने के लिये किया जाता है

इस सेमिनार में पहंचे स्कूली छात्र उत्साहित नजर आये उन्होंने कहा कि रक्षा उपकरणों को देखना काफी रोमांचकारी रहा बैठक पौड़ी पौड़ी जिले में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम और पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिये हैं जिलाधिकारी ने डीएफओ को पिछले पांच वर्षो के रिकॉर्ड के आधार पर वनाग्नि वाले अति संवदेनशील स्थलों का चयन कर सुची उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए उन क्षेत्रों में ज्यादा चौकसी बरतने को कहा उन्होंने वन विभाग को ऐसे लोगों पर निगाह रखने के निर्देश दिये जो जबरन जंगलों में आग लगाते हैं ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके साथ ही ग्रामीणों को वनों के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रामीण स्तर पर बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिये जिले में बढ़ती पेयजल की समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी ने जल संस्थान और लोक निर्माण विभाग को आपसी सांमजस्य बनाकर काम करने की सलाह दी उन्होंने जल संस्थान को पेयजल की समस्या वाले स्थानों पर पानी के टैंकर से पेयजल आपूर्ति कराने के भी निर्देश दिये चारधाम विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना शुरु हो गया है यात्रा शुरु होने के एक हफ्ते के भीतर श्रद्दालुओं की संख्या को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस वर्ष चारधाम यात्रा में पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक श्रद्वालु पहुंचेंगे

वहीं चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को बायोमेट्रिक पंजीकरण कराना अनिवार्य है

पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि दिल्ली से यात्रा शुरू होगी और सभी श्रद्दालु बस के माध्यम से धारचूला के नजंग तक पहुंचेंगे

उन्होंने बताया कि यात्रियों के रहने खाने की व्यवस्था कुमाऊं मण्डल विकास निगम संभालेगी जबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस और आईटी बीपी के पास होगी यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो इसके लिए पिथौरागढ़ जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन केन्द्र सरकार द्वारा हर वर्ष किया जाता है

ऐसा न करने वाले निकाय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिलाधिकारी आशीष चौहान ने निकाय अधिकारियों की बैठक में अगले पांच दिनों में कूड़ा पृथककरण कॉम्पेक्टर कॉम्पेक्टर लगाने और डोर दू डोर कूड़ा कलेक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि गंगोत्री यमुनोत्री धामों के साथ ही सर्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों और ध्र्मपान करने वालों का अभियान चलाकर चालान किया जाए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्राईवेट स्कूलों में सूखा कूड़ा एकत्रित किया जायेगा सूखा कूड़ा लाने वाले विद्यार्थी को फीस में पांच प्रतिशत छूट दी जायेगी इससे बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आयेगी इसके लिए स्कूल में स्वच्छता निरीक्षक के साथ ही विद्यार्थियों के स्वच्छता क्लब भी बनाये जाएंगे अभियान देहरादून में अवैध वाहनों के खिलाफ और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए परिवहन विभाग अभियान चलाने जा रहा है इस बीच परिवहन विभाग ने डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरु कर दी है विभाग द्वारा आईएसबीटी के आसपास क्षेत्रों में डग्गामार वाहनों को सीज किया जा रहा है वहीं अब परिवहन विभाग सिटी बस और स्कूली बसों पर भी यातायात के नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई करने जा रहा है